ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों को मिली राहत रेड जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध

उद्योग धंधों का किया जा रहा आकलन

यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है वहीं गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यो के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में कई छूट दी गई हैं ग्रीन जोन में इस दौरान सभी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी इन इलाकों में पच्चास फीसदी पैसेंजर के साथ बसें भी चलेंगी जबकि ऑरेंज जोन में कोई बसें नहीं चलेंगी रेड जोन में गतिविधियां पूर्व की भांति स्थिति यथावत रहेगी इस जोन में होटल रेस्तरा मंदिर सैल्रन और सामाजिक समारोह पूरी तरह बंद रहेंगे

उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समय पर कारगर कदम उठाए और भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लडाई में प्रमुख भूमिका अदा की उन्होंने कहा कि आंकडों से स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल सफल रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने वसुधैव क्ट्म्बकम और जियो और जीने दो की भावना के तहत एक सौ से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चुनौती से निपटने के बाद भारत अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा श्री कोविंद ने भारत जैसे बेड़े और घनी आबादी वाले देशों से आग्रह किया कि वे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करें उन्होंने कहा कि इस दौर ने देश में लोकतंत्र की जड़े मजबूत बनाने का महत्व उजागर किया है

इस मरीज की दो जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी है मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुचना पदाधिकारी डॉ एके सिंह ने इसकी पुष्टि की है उन्होंने कहा है कि बड़कागांव का रहने वाला यह तीसरा मरीज पुरी तरह ठीक हो गया है ज्ञात हो कि बीस अप्रैल को बडकागांव के इस मरीज के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हई थी वह मुंबई से आया था वहीं विष्णुगढ़ के दो अन्य कोरोना संक्रमित मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं और उन्हें बीस अप्रैल को ही अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर विस्तत विचार विमर्श किया है इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा शिक्षा पोर्टल और विर्शष शिक्षा माध्यमों पर कक्षावार प्रसारण जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा सुधार पर विशेष बल दिया गया सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाकर शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श हुआ कौशल खेलकूद और कला के एकीकरण तथा पर्यावरणीय विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी विचार हुआ

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनके रोजगार सुजन के लिए अलग अलग कार्ययोजना बनायी जा रही है राज्य के सभी उद्योग धंधों का आकलन किया जा रहा है इन उद्योग धंधों में लगभग पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी श्री सोरेन ने कहा कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा इसमें नई योजनाएं शामिल की जाएगी और मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा वे कल मंत्रिमंडल की उपसमिति और पदाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने और लोगों की वापसी को लेकर बनाई जा रही कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान के कोटा में झारखंड के लगभग दो हजार आठ से तिरासी विद्यार्थियों को लाने के लिए दो विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है श्री सोरेन ने बताया कि दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीजों के ईलाज के लिए टेलीमेडिसीन की सुविधा शुरू की जा रही है मरीज स्वास्थ्य परामर्श विशेषज्ञ डॉक्टरों से ले सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन क्लकर्णी ने बताया कि निजी अस्पताल नहीं खोलने वाले संचालकों का निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी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

उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने सभी मजदूरो का फूल और मास्क देकर स्वागत किया

उपायुक्त ने कहा कि सभी मजदूर अभी स्वस्थ हैं मजदूरों ने सुरक्षित घर पहंचाने के लिए सरकार का धन्यवॉद किया प्रवासी मजदुरों और छात्र छात्राओं की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है कल तेलंगाना से राज्य के बारह सौ मजदूर विषेष ट्रेन से हटिया स्टेषन पहुंचे यहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गयी और उन्हें सेनिटाइज किये बसों के माध्यम से उनके गृह जिले तक भेजा गया वहीं कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर विषेष रेलगाड़ी कल रात नौ बजे झारखण्ड के लिए रवाना हो गयी है यह ट्रेन आज शाम रांची और धनबाद पहंचेगी जहां जिला प्रषासन द्वारा विद्यार्थियों की उचित जांच कर उन्हें घर भेजा जायेगा वहीं अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों और वेल्लोर समेत दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने गए झारखंड के मरीजों को लाने की दिशा में भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है बहुत जल्द इन्हें भी वापस लाया जाएगा मुख्यमंत्री ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है देषभर में कोरोना वायरस के संक्रमति मरीजों की कुल संख्या सैंतिस हजार तीन सौ छत्तीस हो गयी है इनमें सकिय मामले छब्बीस हजार एक सौ सड़सठ हैं नौ हजार नौ सौ पचास मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार दौ सौ अठारह लोगों की मौत भी हुई है झारखंड में कुल एक सौ तेरह मामले हैं इनमें सकिय मरीजों की संख्या अठासी है जिनका इलाज किया जा रहा है

तेलंगाना से रांची पहुंचे मजदूरों को चतरा ले जाने के लिए रांची आ रही पुलिस की जीप रामगढ़ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जीप के पलटने से चालक की मौत हो गयी जबकि पांच पुलिस कर्मी घायल हो गये घायलों का रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है

जिला प्रषासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तत्पर है

पीड़िता के परिजनों ने मिर्जाचौकी थाने में छह युवकों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है